केन्द्रीय मंत्री अर्जुन मुण्डा और मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन ने शोक व्यक्त किया कोविड मरीजों की संख्या फिर से बढ़ रही है इसलिए सभी श्रोताओं से अपील है कि कोई भी कोताही ना बरतें सभी सुरक्षा उपायों का पालन करें और पैंतालीस वर्ष से उपर के सभी लोग बेहिचक टीका लगवायें सुरक्षित रहें और तीन आसान उपायों का पालन करें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 स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि देश में एक सौ नए अस्पतालों के पास पीएम केयर्स कोष के तहत अपने ऑक्सीजन संयंत्र होंगे

अधिकार प्राप्त समूह दो ने स्वास्थ्य मंत्रालय को ऑक्सीजन संयंत्र लगाने के लिए दूर दराज के एक सौ अस्पतालों की पहचान करने का निर्देश दिया है

झारखंड में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने उच्चस्तरीय बैठक में बचाव और स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने पर विचार विमर्श किया इसके बाद पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि फिलहाल राज्य में लॉकडाउन नहीं लगाया जाएगा लोग बाहर निकलने से खुद परहेज करें क्योंकि लॉकडाउन से दूसरी अन्य कई समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं उन्होंने कहा कि राज्य में बढ़ते कोरोना संक्रमण पर सरकार की नजर है बैठक में स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता मुख्य सचिव सुखदेव सिंह स्वास्थय सचिव और आपदा प्रबंधन के सचिव उपस्थित थे देश भर में कोविड महामारी के दो लाख सत्रह हजार तीन सौ तिरपन नये मामलों की पुष्टि हुई है इसके साथ ही देश भर में अब तक एक करोड बियालीस लाख से ज्यादा लोग इस महामारी की चपेट में आ चुके हैं

इसके साथ ही स्वस्थ होने की दर घटकर सतासी दशमलव आठ प्रतिशत रह गई है

मंत्रालय ने बताया है कि देश में अब तक इस संक्रमण से कुल एक करोड पच्चीस लाख से अधिक रोगी स्वस्थ हुए हैं देश में इस समय कोविड के सक्रिय मामलों की संख्या पन्द्रह लाख उनहतर हजार से अधिक है जो कुल संक्रमित हुए मामलों का दस दशमलव नौ आठ प्रतिशत है

इन्हें मिलाकर देश में अब तक छब्बीस करोड़ चौतींस लाख से अधिक कोविड नमूनों की जांच की जा चुकी है भारतीय औषध महानियंत्रक डीसीजीआई विदेशी कोविड वैक्सीन के देश में उपयोग के संबंध में अब आवेदन प्राप्त होने के तीन दिन के अंदर निर्णय लेगा केन्द्र सरकार ने अमरीकी एफडीए ईएमए यूके की एमएचआरए जापान की पीएमडीए या आपात स्थिति में उपयोग किए जाने के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन से स्वीकृत कोविड वैक्सीन को अधिकृत करने के बारे में कल यह फैसला किया सरकार ने मंगलवार को देश में विदेशी कोविड वैक्सीन जल्द से जल्द उपलब्ध कराने के तौर तरीकों की मंजूरी दी थी केन्द्रीय औषध मानक नियंत्रण संगठन ने विदेशी कोविड वैक्सीन के आपात उपयोग की स्वीकृति संबंधी नियामक व्यवस्था में कहा है कि संबंधित आवेदनों की जांच की जाएगी और आवेदन जमा करने की तिथि से तीन कार्य दिवस के भीतर इसकी मंजूरी का निर्णय लिया जाएगा आपातकालीन स्थिति में इन टीकों के सीमित इस्तेमाल की अनुमति सशर्त होगी और राष्ट्रीय कोविड टीकाकरण कार्यक्रम के दिशा निर्देशों के अनुसार ही इनका उपयोग किया जाएगा रांची के उपायुक्त छवि रंजन ने बताया कि जिला में संक्रमित मरीजों के इलाज के लिए ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड और आईसीयू की संख्या बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है उपायुक्त रंजन ने बताया कि प्राइवेट हॉस्पिटल से भी बात की गई है निजी अस्पतालों ने भी यथासंभव बेड बढ़ाने पर अपनी सहमति दी है डोरंडा स्थित रेसलदार सीएचसी में भी ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड की व्यवस्था बढ़ाई जाएगी

उपायुक्त छवि रंजन ने जिले वासियों से एक बार फिर से अपील करते हुए कहा है कि कोविड से संबंधित दिशा निर्देशों का पूरी तरह से पालन करें भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सह सांसद दीपक प्रकाश ने कोरोना के बढ़ते मामलों पर चिंता जताते हुए कहा कि राज्य में कोरोना वायरस ने खतरनाक रूप धारण कर लिया है

हालांकि उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस का तेजी से प्रसार होने में सरकार की लापरवाही स्पष्ट दिख रही है यह समय गंभीरता के साथ स्वास्थ्य व्यवस्था पर नजर रखने की है उन्होंने कहा कि कोरोना के बढ़ते प्रसार को लेकर पार्टी राहत कार्य चलाएगी

केंद्र सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से लोगों द्वारा घबराहट में आवश्यक जरूरत की वस्तुओं की खरीद की चिंता दूर करने के लिए प्रचार और जागरूकता कार्यक्रम चलाने को कहा है आवश्यक जरूरत की वस्तुओं की आपूर्ति बनाए रखने के मुद्दों पर ग्राहकों के लिए एक हेल्प लाइन नंबर भी तैयार करने को कहा गया है जिसके तहत लोक प्रशासन उनकी समस्या का समाधान कर सके

इस समय राज्य में कोरोना के क्ल बीस हजार छह सौ इक्याबन एक्टिव केस हैं पिछले चौबीस घंटों के दौरान राज्य में कोरोना के अब तक के सर्वाधिक तीन हजार चार सौ अस्सी नये कोरोना संक्रमित मिले हैं

कोरोना संक्रमण से गुरुवार को धनबाद में सर्वाधिक नौ रांची में पांच जमशेदपुर में चार गिरिडीह में दो कोडरमा में दो गोड्डा में एक जामताड़ा में एक देवघर में एक रामगढ़ में एक सिमडेगा में एक व चाईबासा के एक व्यक्ति की मौत हुई है स्वास्थ्य विभाग के अनुसार राज्य में अब तक तिरसठ लाख तीस हजार छप्पन लोगों के सैंपल लिये गये हैं इनमें से बासठ लाख बिरानबे हजार तीन सौ नवासी सेंपल की जांच हुई है इस समय बैकलॉग में सैंतीस हजार छह सौ सडसठ है वहीं अबतक एक लाख इक्याबन हजार दो सौ बहतर संक्रमित मिले चुके हैं राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू ने रांची विश्वविद्यालय के क्षेत्रीय व जनजातीय भाषा विभाग के पूर्व अध्यक्ष डॉ गिरिधारी राम गौंझू के निधन पर गहरा दूःख व्यक्त किया है

राज्यपाल ने कोरोना से लड़ने तथा मरीजों को त्वरित चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के लिए स्वास्थ्य विभाग की टीम को पूरी सक्रियता के साथ काम करने को कहा है वहीं मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन ने रांची विश्वविद्यालय के क्षेत्रीय व जनजातीय भाषा विभाग के पूर्व अध्यक्ष डॉ गिरिधारी राम गोंझू के निधन पर शोक व्यक्त किया है मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य की नागपुरिया संस्कृति नृत्य गीतों पर किताब लिखकर उन्होंने स्थानीय विरासत और पहचान को सहेजने का काम किया था परमवीर चक्र विजेता शहीद अल्बर्ट एक्का की पत्नी बलमदीना एक्का का गुमला में आज सुबह निधन हो गया

केंद्रीय जनजातीय मामले के मंत्री अर्जुन मुंडा ने और मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन ने बलमदीना एक्का के निधन पर शोक व्यक्त किया है

परीक्षा की अगली तिथि की घोषणा स्थिति की समीक्षा के बाद की जायेगी

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने एक ट्वीट में कहा कि यह निर्णय मेडिकल छात्रों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए लिया गया है सरकार ने प्रवासी भारतीय नागरिक कार्ड ओसीआई कार्ड फिर जारी करने की प्रक्रिया सरल बनाने का फैसला किया है